कोराना संकमण से निपटने के लिये जिलो में प्रशासन की पर्याप्त व्यवस्था जागरूकता के लिए भी किये जा रहे हैं जतन रामनवमी का पर्व प्रदेशभर में श्रद्वाभाव से मनाया जा रहा है राज्य में कुछ स्थानों पर मौसम में बदलाव से आंधी बारिश के समाचार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

इन्हें मिलाकर अब तक एक करोड छप्पन लाख लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि देश में वर्तमान में इक्कीस लाख पचास हजार से अधिक सक्रिय मामले हैं

देश में अब तक एक करोड़ बत्तीस लाख से अधिक मरीज कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं

वहीं जोधपुर जिले में आज भी डेढ़ हजार नये मामले रिपोर्ट हुए

राज्य सरकारों को वैक्सीन की प्रति खुराक के लिए चार सौ रूपये और निजी अस्पतालों को छह सौ रूपये देने होंगे

पाली के जिला कलक्टर अंश दीप ने जिले के भामाशाहों और समाजसेवियों से कोराना महामारी के दौर में जिला प्रशासन का सहयोग करने की अपील की है

प्रशासन की ओर से जन अनुशासन पखवाडे के तहत जहां सख्ती दिखाई जा रही है वहीं दवाओं की कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ कार्यवाही की जा रही है

मंदिरों में भगवान राम का विशेष श्रृंगार कर पूजा अर्चना की जा रही है कोरोना महामारी के कारण श्रद्धालुओं का मंदिरों में प्रवेश बंद है वहीं मेले और सामूहिक आयोजनों पर भी रोक है

झालावाड़ और भरतपुर जिले में नवरात्रा के अंतिम दिन माँ दुर्गा की पूजा अर्चना के तहत कन्या पूजन किया गया

करौली जिले में कई जगह आंधी के बाद बूंदाबांदी हुई जबकि सपोटरा उपखण्ड में कुछ जगह ओले गिरे सवाईमाघोपुर बारां में आंधी से यातायात प्रभावित हुआ